उन्होंने महाप्रबंधक निर्माण एन के प्रसाद के साथ मुर्कोंगसेलेक पासीघाट रेलवे लाईन परियोजना पर चर्चा करते हुए सरकार की तरफ से त्वरित गति से कार्य पूरा करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया बैठक के दौरान राज्य की महत्वाकांक्षी एक सौ नब्बे किलोमीटर लंबी भालुकपोंग तवांग रेल लाईन पासीघाट तेजू बामे आलो सहित कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई मुख्यमंत्री ने राज्य के क्रषि उत्पादों का रेलवे से निर्यात और नाहरलगुन से ग्रवाहाटी और तिनसुकिया के बीच रेल सेवाओं मे सुधार के मुद्दे पर भी बातचीत की

राज्यपाल ने पार्किंग में स्वच्छता की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को पार्किंग और उसके आस पास साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए राज्यपाल ने राजधानी क्षेत्र सहित प्रदेश के सभी हिस्से को स्वच्छ हरित और प्लास्टिक मुक्त बनाने की लोगों से अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर प्रतिन के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश तेल और गैस खनन परमाणु ऊर्जा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की उन्होंने हवाइ और समुद्री संपर्क परिवहन ढांचा उच्च तकनीक बाहरी अंतरिक्ष और दोनो देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा की दोनों देशों के बीच कुल तेरह द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए बाद में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रुस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर प्रतिन ने कहा कि सामरिक तौर पर दोनों देशों का इतिहास काफी पुराना है उन्होंने कहा कि दुनिया के कई मंचो पर भारत और रुस एक साथ हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार में सत्रह फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रुस रक्षा कृषि टूरिज्म ट्रेड में आगे बढ़ रहे है श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र शांत और लोकतांत्रिक हो हम दोनों किसी देश के आंतरिक मामले में बाहरी दखल के खिलाफ है

गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि यह मुद्दा पूर्वोत्तर में उठाया जा रहा है लेकिन अनुच्छेद तीन सौ एकहत्तर को हटाया नहीं जाएगा इस अनुच्छेद में पुर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्रावधान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से कहा है कि वे छात्रों को अपनी दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए गहन सोच विचार करने को प्रोत्साहन दें वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दो हजार अट्ठारह प्राप्त करने वाले शिक्षकों से विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे श्री मोदी ने शिक्षा सहायता के तौर पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को पर जोर दिया कि प्रत्येक बच्चे को अवसर प्रदान किया जाए और छात्रों को कभी निराश नही किया जाना चाहिए

अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में हाल ही में स्थापित केंद्रीय विद्यालय में इस समय विभिन्न कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरु हो गई है विद्यालय के लिए छात्रों का चयन उनके अभिभावकों की उपस्थिति में लॉटरी सिस्टम से किया जा रहा है विद्यालय में कक्षा एक से कक्षा पांच के लिए निर्धारित दो सौ सीटों के लिए कुल सात सौ पैतीस आवेदन प्राप्त हुए हैं सरकारी योजनाओं के बारे में जागरुकता अभियान का सकारात्मक असर अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है समाचार से मुद्रा योजना पर ग्राउंड रिपोर्ट देखकर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन कि महिला उद्यमी यापे गोंगो ने अपने कपड़े के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निश्चय किया श्रीमती गोंगो ने भारतीय स्टेट बैंक के नाहरलगुन शाखा में मुद्रा लोन के बारे में पुछताछ की उन्हें बैंक से लोन मिला और आज उनका व्यवसाय पहले की तुलना में अच्छा चल रहा है जिससे वह इस योजना को लेकर खुश है दोरजी खाण्डू मेमोरियल राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता राजधानी ईटानगर में छह से ग्यारह सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी कल अरुणाचल प्रेस क्लब में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन संघ के सचिव बामंग तागो ने बताया कि पुरुषों और महिलाओं के लिए विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के तेइस जिलों के कुल तीन सौ बत्तीस प्रतिभागी हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के विजेताओं को भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित क्षेत्रिय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा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 आज का अधिकतम तापमान तैतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया